इसके तहत जनता द्वारा निर्वाचित पार्षद अब महापौर और अध्यक्षों का चयन करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर और मतपत्र से कराए जाने का भी निर्णय लिया गया वहीं पार्षद के लिए चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु सीमा पच्चीस वर्ष से घटाकर इक्कीस वर्ष कर दी गई है मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नवीन औद्योगिक नीति दो हजार उन्नीस चौबीस का भी अनुमोदन किया गया यह नई औद्योगिक नीति आगामी एक नवंबर से इकतीस अक्टूबर दो हजार चौबीस के लिए लागू होगी बैठक में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति दो हजार सोलह में संशोधन को भी मंजूरी दी गई इसके तहत आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि और उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की मुआवजा राशि को दो गुना से बढ़ाकर चार गुना किया गया है बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा निर्मित दुकानों के किराए में कटौती का निर्णय भी लिया गया इससे करीब तीन हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे मंत्रिमंडल ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन आदेश की कंडिका में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है इसके तहत कोरबा के जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है

वहीं छत्तीसगढ़ के रहने वाले और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के आरक्षक शहीद नीरज शर्मा के छोटे भाई सूरज शर्मा को जिला बल में आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया है मंत्रिमंडल ने पूर्व में सेवानिवृत्त की गई निरीक्षक सविता दास वैष्णव को पुनः सेवा में बहाल किए जाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर धान का समर्थन मूल्य पच्चीस सौ रूपए प्रति क्विंटल किए जाने का अनुरोध किया है उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि यदि केन्द्र सरकार इस मूल्य पर धान खरीदने में सहमति नहीं देती है तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान खरीदने की सहमति प्रदान की जाए साथ ही एफसीआई में बत्तीस लाख मीटरिक टन चावल उपार्जन की अनुमति देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देने का भी अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया है कि छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ वर्ष के लिए धान खरीदने का कार्य पन्द्रह नवंबर से शुरू किया जाएगा इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं श्री बघेल ने पत्र में राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त खरीदे जाने वाले चावल को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का निर्देश भी दिए जाने का अनुरोध किया है राजभवन मुख्यमंत्री निवास भूमिपूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपूर के सेक्टर चौबीस में राजभवन मुख्यमंत्री निवास विधानसभा अध्यक्ष निवास मंत्रीगणों के आवास गृह और वरिष्ठ अधिकारियों के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों के नई राजधानी में बसने से धीरे धीरे यह शहर बसेगा जिससे यहां बाजार और अस्पताल भी विकसित होंगे इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि गांव से लेकर नवा रायपुर तक गढ़ने का संकल्प पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि नवा रायपूर में बसाहट तेजी हो इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे इस दौरान लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जिसे समय सीमा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं गौरतलब है कि नवा रायपूर अटल नगर में करीब पांच सौ बयानवे करोड़ रूपए की लागत से राजभवन मुख्यमंत्री निवास विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री मंडल के सदस्यों के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है निर्माण कार्य के लिए चौबीस माह का समय निर्धारित किया गया है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

गांधीवादी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ब्रिजेन्द्र रेही समारोह के मुख्य अतिथि थे इस अवसर पर गांधी क्विज का भी आयोजन किया गया जिसमें नई दिल्ली स्थित एनएसडी मुख्य्यालय के सदस्यों ने पूरे उल्लास से भाग लिया महात्मा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से रविवार सत्ताईस अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा राजमन बेंजाम शपथ चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राजमन बेंजाम को आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा भवन के अपने कक्ष में शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य उपस्थित थे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी का प्रसारण आगामी दस नवम्बर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय नगरीय विकास का नया दौर रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और शून्य दो तथा शून्य तीन पर आगामी अट्ठाईस उनतीस और तीस अक्टूबर को दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकता है रेलवे परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर झारसुगड़ा और दक्षिण पूर्व रेलवे के झारसुगड़ा राउरकेला के मध्य रेलखंडो पर रखरखाव का कार्य किए जाने के कारण इकतीस अक्टूबर तक इन रेल खंडो पर गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रखरखाव का कार्य किया जाएगा इस कारण इकतीस अक्टूबर को इतवारी टाटानगर पैसेंजर को झारसुगुड़ा में समाप्त कर झारसुगड़ा से टाटानगर इतवारी पैसेंजर बनाकर रवाना किया जाएगा वहीं कल शनिवार को टाटानगर इतवारी टाटानगर पैसेंजर झारसुगड़ा और इतवारी के बीच रद्द रहेगी इधर त्यौहार के मद्देनजर रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सात स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं इसके तहत सिकंदराबाद बरौनी सिकंदराबाद शालीमार जयपुर शालीमार हटिया कुर्ला हटिया दुर्ग पटना संतरागाछी हापा हबीबगंज से पुरी और रायपुर से रायगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है धनतेरस छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धनतेरस का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस के साथ ही दीपावली महोत्सव का पर्व शुरू हो जाता है मान्यता के अनुसार आज के दिन धन वृद्धि के लिए कुंबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है आज प्रदेशभर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मौसम पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राजधानी रायपुर के ऊपर बादल छाए रहेंगे इस दौरान तापमान अट्ठाईस से इक्कीस डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में प्रदेश के खाद्य विभाग ने राशनकार्डो के डेटा एंट्री और त्रुटि सुधार की कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर त्रुटि रहित डेटा एंट्री का कार्य तीस अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं बेमेतरा कलेक्टर ने रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला पटवारी को निलंबित कर दिया है जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में पुलिस ने छापा मारकर दो लाख रूपए की कीमत का इकतीस कार्टन पटाखा जब्त किया है

बिलासपुर जिले के सोनसरी गांव में दो बच्चों की हत्या करने का मामला सामने आया है पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक बच्चों के पिता को गिरफ्तार किया है